यह पेंशन लाभार्थियों को उनके सामान्य भरण पोषण के लिये दी जा रही है इस अवसर पर आयोजित एक वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मूख्यमंत्री ने लाभार्थियों से बातचीत भी की उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त और सितम्बर माह की पेंशन एक साथ उनके खातों में हस्तांतरित की जा रही है उनकी सरकार नर को नारायण से जोड़कर उनकी सेवा कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति को सामने भोजन का संकट न आये इसलिये अप्रैल माह से प्रत्येक माह दो बार पात्र लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगर समाज के सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत कर दिया जाये तो पूरे समाज की आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करा रही है

उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में औषधियों और आक्सीजन की सुचारू व्यवस्था बनायी रखी जाये

इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी सेवानिवृत्त स्वयंसेवक स्थानीय शहरी निकाय अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एईएस और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिये पूरी तैयारी समयबद्ध ढंग से करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इन विषाणु जनित रोगों की रोकथाम की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है और सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में जेई और एईएस तथा अन्य संचारी रोगों के नियंत्रण के संबंध में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण इस वर्ष जिन बच्चों का नियमित टीकाकरण छूट गया है ऐसे वंचित शिशुओं का चिन्हीकरण करके उनका टीकाकरण कराया जाये

आज अंतर्राष्ट्रीय आजोन परत संरक्षण दिवस है एक ट्वीट में केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि विश्व ओजोन दिवस जलवायू परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है उन्होंने लोगों से ओजोन परत के संरक्षण के लिए ऊर्जा बचत वाले उपकरणों के उपयोग की अपील की

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विधेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है इसमें गुजरात के जामगर में स्थित आयुर्वेद के तीन संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है चर्चा का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार आयूर्वेद सहित प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है डॉ हर्षवर्धन ने जामनगर संस्थान को राष्ट्रीय दर्जे का संस्थान चुने जाने का कारण इसका पुराना संस्थान होना बताया

लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये सभी जिलों के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के प्रयास तेज कर दिये गये है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में कल हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयन्ती के अवसर पर शिल्पियों और अभियंताओं सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में तकनीकी विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कारीगर और हस्तशिल्पी परम्परागत कार्यो के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं इन कारीगरों की प्रतिभा निखारने के लिये सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चलाई है

कौशाम्बी जनपद में वज्रपात से दो सगी बहनों सहित तीन लोगों की खेतों में काम करते समय मौत हो गई छह अन्य घायल हो गये जौनपुर में सिकरारा और बदलापुर क्षेत्र में दो व्यक्तियों की मौत हो गई

कुशीनगर देवरिया प्रतापगढ़ और गोरखपुर में भी आसमानी बिजली से एक एक लोगों की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ में पिछले ढाई साल में कमी हुई है